इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज़ ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज आन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा टीकाकरण केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे दौर के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र पंजीकृत करने की सलाह दी है केंद्र ने निजी अस्पतालों औद्योगिक प्रतिष्ठान और उद्योग संघ के अस्पतालों की सेवा लेने को भी कहा है राज्यों को नए आवेदन और लंबित पंजीकरण का काम निपटाने के लिए विशेष प्राधिकरण के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है

राज्यों से उन अस्पतालों की संख्या पर नजर रखने को कहा गया है जिन्होंने वैक्सीन की खरीद कर ली है और इसका भंडार और मूल्य को विन एप पर घोषित कर दिया है

स्वास्थ्य सचिव ने मौजूदा अस्पतालों को और सुविधा संपन्न बनाने तथा कोविड रोगियों की उपचार व्यवस्था से संबधित योजनाओं की भी समीक्षा की महावीर जयंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती पर देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शो से एक नई राह दिखाई उन्होंने लोगों से भगवान महावीर के संदेशों का पालन करने तथा सामूहिक अनुशासन और एकजुट प्रयासों से कोविड महामारी को मात देने का आग्रह किया

इसके बाद कोविड के कारण उनकी जांच नहीं की जायेगी उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अपनी जांच नहीं करवायेगा उसको अनुपस्थित समझ कर अनफिट कर दिया जायेगा जिसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है आईसोलेटिड लोगों की घर पर करें मदद हिमाचल दस्तक के अनुसार बाहरी राज्यों से आए लोगों पर नजर रखें पचायतें आपका फैसला के मुताबिक सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना संकमण रोकने में सहयोग का किया आग्रह दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है हिमाचल आने पर नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं तो क्वारंटाइन अमर उजाला के शब्द हैं दवा उद्योगों पर संकट कच्चे माल के दाम हो गए दुगने कोरोना काल में कामगारों के पालयन से भी मुश्किलें बढ़ी दैनिक जागरण की एक खबर है हिमाचल को ई पंचायत के लिए दूसरा पुरस्कार

प्रदेश में ग्राहकों के लिए सिर्फ चार घंटे खुलेंगे बैंक शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है कल से सुबह दस से दोपहर दो बजे तक ही सुविधा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

नमस्कार